इसकी शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश के साथ हुई टेलीविजन पर दिये संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग लोगों को एकजूट करता है और वैश्विक भाइचारे का संदेश देता है उन्होंने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उभरा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि योग धरती को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने की दिशा में सशक्त प्रयास है यह हमारा श्वसनतंत्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में विश्व योग की शक्ति और क्षमता को बेहतर ढंग से समझ रहा है कोरोना संक्रमित लोग योग का लाभ उठा रहे हैं

उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों के साथ योगाभ्यास करने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है उन्होंने लोगों से योग को एक दैनिक गतिविधि के रूप में अपनाने की अपील की श्री मोदी ने कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ करता है बल्कि मानसिक आरोग्य और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है जिससे चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ती है प्रधानमंत्री ने कहा कि योग हमें आत्मविश्वास देता है और जीवन की चुनौतियों पर विजय पाने की शक्ति के साथ साथ मन की शांति भी प्रदान करता है अर्न्तराष्ट्रीय योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश की राज्यपाल बेवी रानी मौर्य मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत सैनिकों मंत्रियों विधायकों सहित अधिकांश लोगों ने अपने अपने घरों और योग केंद्रों में योगाभ्यास किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी लोगों से अपने अपने घरों में रहकर ही योग करने का आह्वान किया गया था राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में अपने परिजनों के साथ योगाभ्यास किया उन्होंने योग दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएँ दी उन्होंने कहा कि योग स्वस्थ मन और स्वस्थ तन दोनो के लिए आवश्यक है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने भी परिजनों के साथ अपने घर पर ही आयुष विभाग के योगाभ्यास निर्देशों के तहत योगासन किए

इस दौरान उन्होंने लोगों से नियमित योगाभ्यास को अपनी दैनिक जीवनचर्या में लाने का आह्वान करते हुए कहा कि हम सभी लोगों को प्रतिदिन एक घंटा अवश्य योगाभ्यास करना चाहिए ताकि स्वयं भी निरोगी रहे और लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के जवानों ने चीन सीमा पर सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जवानों ने नेपाल सीमा पर और पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने अपने अपने शिविरों मे योगाभ्यास किया विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल ने अपने सरकारी आवास पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने हरिद्वार में वन मंत्री हरक सिंह रावत ने परिजनों के साथ और महिला सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने एमकेपी डिग्री कालेज में महिलाओं के साथ योग साधना की इसके अलावा योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि योग पीठ में आयोजित शिविर में योग साधना की स्वामी चिदानन्द सरस्वती ने ऋषिकेश स्थित अपने आश्रम परमार्थ निकेतन में अपने शिष्यों और विद्यार्थियों के साथ योगाभ्यास किया इस बीच बागेश्वर पौड़ी नैनीताल चंपावत और अल्माड़ा समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने योगाभ्यास किया मेरा जीवन मेरा योग आयुष राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस व्यापक जन स्वास्थ्य आंदोलन बन गया है उन्होंने कहा कि अब दुनिया का हर देश अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाता है और लोगों ने इस आयोजन को भारतीय संस्कृति और परंपरा के पर्व के रुप में अपना लिया है श्री नाइक ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस स्वास्थ्य आपातकाल के बीच मनाया जा रहा है इसलिए आयुष मंत्रालय पिछले तीन महीने से विभिन्न ऑनलाइन और हाइब्रिड ऑनलाइन पहल के जरिए घर में ही योगाभ्यास करने को प्रोत्साहन दे रहा है श्री नाइक ने कहा कि मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता योगाभ्यास के बारे में व्यापक जागरुकता फैलाने के लिए ही आयोजित की गई इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी

राहत वाली बात यह है कि राज्य में डबलिंग रेट और रिकवरी प्रतिशत में सुधार हुआ है

इस दौरान सूर्य दहकती आग के गोल छल्ले की तरह दिखाई दिया इस वर्ष का पहला सूर्यग्रहण ग्रीष्म अयनकाल में हुआ जोकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है देश के विभिन्न भागों में सूर्य की इस आकृति का नजारा लिया गया प्रदेश में सूर्यग्रहण के मार्ग में देहरादून तपोवन और जोशीमठ क्षेत्र रहे और यहां लोगों ने सूर्यग्रहण देखा प्रदेश के शेष भागों में आंशिक ग्रहण देखा गया इस बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में मंदिरों के कपाट कल रात से ही सूर्य ग्रहण का सूतक लगने के कारण बन्द कर दिए गये आज अपराहन ग्रहण समाप्ति के बाद मंदिों में साफ सफाई के बाद प्रजा अर्चना की गयी कांवड यात्रा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से वार्ता की और आगामी कांवङ यात्रा को लेकर विचार विमर्श किया

इस बीच कांवड़ संघों और संत महात्माओ से भी इस वर्ष की यात्रा स्थगित करने का भी प्रस्ताव मिला है

जल्द ही इस मसले पर राजस्थान दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों से भी बात की जाएगी टूरिज्म एक्शन प्लान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश में पर्यटन गतिविधियाँ बढाने को लेकर चारधाम देवस्थानम बोर्ड के सलाहकार अश्विनी लोहानी और फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एन्ड हॉस्पिटलिटी के महासचिव सुभाष गोयल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विचार विमर्श किया इस दौरान श्री रावत ने कहा कि यात्रा मार्ग पर स्थित पर्यटन स्थलों को यात्रा अवधि के बाद भी पर्यटन हेतु विकसित किए जाने और इसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है जिसको देखते उन्होंने इसका एक्शन प्लान जल्द ही तैयार करने के निर्देश दिये है उन्होंने अधिकारियों को श्री बदरीनाथ धाम के प्रस्तावित मास्टर प्लान पर तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों के सुझाव भी प्राप्त करने को कहा है श्री लोहानी ने उत्तराखंड पर्यटन को ब्राण्ड के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता जताई